प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र व्यापी अनलॉक के पहले चरण के दो सप्ताह के बाद देष में अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है

झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिकों के हितों में नया श्रम कानून बनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आज इक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों उपराज्यपालों और शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की है इस बैठक में पंजाब केरल गोवा उत्तराखंड झारखंड पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल के मुख्यमंत्री शामिल थे बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे प्रधानमंत्री बातचीत के दूसरे दौर में कल बुधवार को भी पंद्रह राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ बातचीत करेंगे इनमें महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल दिल्ली कर्नाटक गुजरात बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल रहेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं भारत में कोरोना की रिकवरी दर पचास प्रतिशत से ऊपर है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है

उन्होरने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली

जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडेय परिचर्चा में भाग लेंगे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

उन्तीस मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में एक हजार एकसठ कोरोना के मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होनेवाले मरीजों का प्रतिषत बढकर संतावन दषमलव सात सात फीसदी हो गया है वहीं अबतक नौ लोगों की मौत हो चुकी है उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित बारह मरीजों को आज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि रोजगार की तलाष में गए झारखंड के मजदूरों का अब दूसरे प्रदेषों में शोषण नहीं होगा मजदूरों और फैक्ट्री तथा प्लांट संचालकों के बीच सक्रिय बिचौलियों पर लगाम कसने को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है

जमषेदपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कोल्हान प्रमंडल के डीआइजी ने शहर के सभी थाना प्रभारी जिले के एसएसपी सहित सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा के अपने अपने थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करें और क्राइम कंट्रोल नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई होगी

मनरेगा के तहत संचालित विशेषकर आम बागवानी योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण एवं कृषि तकनीकी जानकारियां भी दी गई है जो किसानों के लिए लाभकारी साबित हुआ है इस दौरान किसान मिश्रित खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुए हैं राज्यभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है कल राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिष हुई राजधानी रांची में लगभग सत्तर मिलीमीटर बारिष दर्ज की गयी वहीं खूंटी लोहरदगा सिमडेगा पलाम रामगढ़ और ग्मला में भी अच्छी बारिष हई पलाम में इक्कतीस मिलीमीटर लोहरदगा में सोलह गुमला में तेरह रामगढ़ में बारह सिमडेगा में नौ मिलीमीटर बारिष दर्ज की गयी उधर चतरा में कल शाम हई तेज बारिश के साथ वजपात की घटना में मवेशी चराने जंगल गए एक युवक की मौत हो गई

वहीं लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में कल तेज बारिष से रामपुर नदी का एप्रोच पुल बह गया है